निजी कम्पनियों के आधार डाटा मांगने पर लगाई रोक

स्कूलों में दाखिले बैंक खाते और मोबाइल फोन के लिए आधार आवश्यक नहीं

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया है इस फैसले की काफी समय से प्रतीक्षा थी आधार योजना की संवैधानिक वैधता और इसे लागू करने संबंधी दो हजार सोलह के कानून को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर न्यायालय ने यह फैसला दिया प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार योजना का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्गों तक लाभ पहुंचाना है क्योंकि विशिष्ट पहचान प्रमाण इन वर्गों को सशक्त बनाता है और इन्हें पहचान देता है न्यायालय ने कहा कि सरकारी योजनाओं और सबसिडी का लाभ लेने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जरूरी होगी एक रिपोर्ट साउंड बाईट न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी बच्चे के आधार कार्ड न लाने की स्थिति में उसे किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता न्यायालय ने यह भी कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए आघार आवश्यक नहीं है और सी बी एस ई नीट अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते हालांकि संविधान पीठ ने अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद की धारा समाप्त कर दी और सरकार को निर्देश दिया कि देश में अवैध रूप से आने वालों को आधार जारी न किया जाये सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य नहीं है और दूरसंचार सेवा प्रदाता आधार से जोड़ने के लिए नहीं कह सकते लेकिन आयकर रिटर्न भरने और स्थायी खाता संख्या पैन का आवेदन करने के लिए यह अनिवार्य होगा न्यायमूर्ति सीकरी ने लोकसभा में आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करने को भी सही ठहराया आधार कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा बायोमीट्रिक और पहचान डेटा बेस है

समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ जारी रहेगा उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला देते हुए केन्द्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आरक्षण का लाभ देने के लिये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी पर विचार किया जाये प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया न्यायालय ने कहा कि एससी एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिये राज्यों को एससी एसटी के पिछड़ेपन संबंधी आंकड़े इकटठा करने की जरूरत नहीं है न्यायालय का फैसला उन याचिकाओं पर आया है जिसमें दो हजार छह के एम नागराज के फैसले पर प्रनर्विचार के लिये मामला सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने की मांग की गयी थी इस फैसले में एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिये शर्त तय की गयी थी केन्द्र सरकार ने पटना हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन बनाने के लिये एक हजार दो सौ सोलह करोड़ नब्बे लाख रूपये की स्वीकृति दे दी है नया टर्मिनल भवन पैंसठ हजार एक सौ पचपन वर्ग मीटर का होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने इसे मंजूरी दी नये टर्मिनल भवन को विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस किया जायेगा नया टर्मिनल भवन बनने के बाद हवाई अड्डे की यात्री क्षमता बढ़कर प्रतिवर्ष पैंतालीस लाख हो जायेगी हवाई अड्डा के आध्र्निकीकरण से पटना क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी जिससे अतिरिक्त रोजगार का सुजन होगा मंत्रिमंडल ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के पटना स्थित पाटलिपुत्र अशोक होटल के संचालन की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार को सौंप दी है होटल के साथ राज्य सरकार को उसकी डेढ़ एकड़ जमीन भी मिलेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पटना हवाई अड्डे के विस्तार के केन्द्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है श्री राय ने कहा कि राजधानी स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डा से देश विदेश जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नये टर्मिनल भवन बनने से यात्रियों की आवाजाही की क्षमता में विस्तार होगा सीतामढ़ी के सुरसंड से राजद विधायक अब् दोजाना के पटना स्थित तीन ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की अब्र दोजाना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी माने जाते हैं सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग की टीम ने आज दोपहर पटना के एसपी वर्मा रोड डाकबंगला चौराहा और फुलवारीशरीफ स्थित विधायक के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की छापेमारी में टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किया है गौरतलब है कि पटना में बन रहे लालू परिवार के मॉल का काम अबु दोजाना की कंपनी देख रही है मॉल को रेल टेंडर घोटाले से मिली जमीन पर बनाये जाने का आरोप है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है हड़ताल के कारण ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हैं इलाज के अभाव में अब तक अड़तीस मरीजों की मौत हो गयी है जबकि पचास से अधिक मरीजों के जरूरी ऑपरेशन टालने पड़े हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि हड़ताल को जल्द समाप्त कराने के लिये जूनियर डाक्टरों से वार्ता की जा रही है श्री पांडेय ने आश्वासन दिया कि चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर हरसंभव इंतजाम किये जायेंगे उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दे दी है इससे शीर्ष न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संभव हो पायेगा न्यायालय ने कहा है कि इसकी शुरूआत सुप्रीम कोर्ट से होगी और इसके लिये नियमों का पालन किया जायेगा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी रोहतास जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पचास हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं इससे परंपरागत जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने में मदद मिली है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता की रिपोर्ट नौहटटा प्रखंड के किसान राजेश्वर प्रसाद ने बताया कि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन से भू जलस्तर में भी सुधार हुआ है

जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमण ने बताया कि अगले पांच वर्ष में इस योजना के तहत जिले में संपूर्ण कृषि योग्य भूमि सिंचित हो जायेगी

इसमें जितनी भी हमलोगें के डिपार्टमेंट या जितने भी विमाग कसर्ट हैं उन लोगों ने अपने अपने विमागों का कार्य योजना बनाकर के कृषि विमाग को दिया है

आकाशवाणी समाचार के लिए सासाराम से ददनजी पांडेय केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के नेतृत्व में आज बक्सर जिले के नई बाजार इलाके में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं आशा कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों ने भाग लिया निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सामान्य भविष्य निधि निदेशालय पटना के लिपिक नीरज कुमार को तीन हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार लिपिक परिवादी नरेन्द्र भूषण से खाता विवरणी को अद्यतन कराने के लिये रिश्वत ले रहा था मुजफ्फरपूर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या के मामले में पूलिस ने आरोपी राकेश सिंह को पूर्वी चंपारण जिले के चकिया से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को हत्या और नरसंहार के कई मामलों में तलाश थी

निजी कम्पनियों के आधार डाटा मांगने पर लगाई रोक

स्कूलों में दाखिले बैंक खाते और मोबाइल फोन के लिए आधार आवश्यक नहीं